मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गेंतव्य स्थल पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने व मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है

उन्होंने कहा कि फेस भील्ड लगाने से कोरोना वारियर्स किसी नुकसानदायक कीटाणु के सीधे संपर्क में आने से बच सकेंगे

मामले पर सुनवाई पहली मई को होगी

जन औषधि केंद्रों तक पहुंच बनाने में यह एप बहुत उपयोगी है

क्वारंटीन ऊना जिले में होम क्वारंटीन के उल्लंघन की शिकायत के लिए उपमंडल स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि अन्य ज़िलों व बाहरी राज्यों से उना में आने वाले सभी लोगों की प्रवे ा द्वार पर स्वास्थ्य जोंच की जा रही है उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन के आदे ों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उधर हाल ही में चम्बा ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में अढ़ाई हज़ार से अधिक लोग बाहरी ज़िलों व राज्यों से पहुंचे हैं बिलासपुर में उपायुक्त राजे वर गोयल ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की जांच के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है उन्होंने स्पश्ट किया कि पीपीई किट की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा भूस्खलन किन्नौर जिले में कल्पा उपमंडल की पांगी पंचायत में आज सुबह पहाड़ी दरकने से कई बागीचों को भारी नुकसान हुआ है इस घटना में एक नेपाली की मौत भी हई है इसके अलावा एक मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है प्रावधान कोरोना संकमण से निपटने के लिए कुल्लू जिले में प्र गासन ने कड़े प्रावधान किए हैं

मास्क न पहनने पर भी जुर्माना या सजा हो सकती है

सदस्यों ने आज केलंग में टैक्सी चालकों को सेनेटाईजर वितरित किए ऐसोसिए ान के अध्यक्ष सोनम जांगपो ने कहा कि संस्था के सदस्य पथ परिवहन निगम की बसों और टैक्सियों को रोज़ाना सैनेटाईज करते हैं ताकि किसी भी तरह का संकमण जिले में न पहुंच सके उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा ज़रूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें रा ान और सब्जी पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने दे ाव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा व शैक्षिक कैलेण्डर के दिशा निर्देश जारी किए हैं

बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आंकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा

टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जलाई में होंगी